इस अध्यादेश में तीन तलाक से वैवाहिक संबंध विच्छेद करने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा का प्रावधान है विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा पीड़ित महिला या उसके सगे संबंधियों की उसके पति के खिलाफ दर्ज शिकायत पर ही यह अपराध माना जाएगा उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच समझौता हो जाने की स्थिति में यह मामला वापस लिया जा सकेगा लेकिन इसके लिए पत्नी को मजिस्ट्रेट से आग्रह करना होगा उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी हो गया था यह मुद्दा महिलाओं को गरिमा और समानता का अधिकार दिलाने से जुड़ा है बैठक प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक के आज दूसरे दिन के दीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नडडा मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी इसमें जहां कार्यकर्त्ताओं को नई जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी वहीं पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे बैठक के देर शाम तक चलने की संभावना है शिमला फेस्ट शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से शुरू होने वाले शिमला फेस्ट का राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुभारंभ करेंगे कार्यकम शाम साढ़े चार बजे आरंभ होगा जो रात दस बजे तक चलेगा चार दिवसीय इस फेस्ट के पहले दिन उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिषद पटियाला के कलाकारो द्वारा हरियाणवी फोग व घूमर नृत्य पेश किया जाएगा इस फेस्ट की पहली संध्या में गायक अनुज शर्मा आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे इसके अलावा स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तृतियां देंगे प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं

इसी तरह का एक मामला बीते कल शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में पेश आया

स्वास्थ्य विभाग ने स्कब टाइफस से निपटने के लिए जागरूकता अभियान और इस बुखार से पीड़ित मरीजों को टैस्ट करवाने की सलाह दी है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

पटवारी की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है कब्जाधारियों संग पार्टी करने वाले अफसरों को नोटिस जारी भाजपा कार्य समिति से जुड़ी बैठक पर दैनिक जागरण लिखता है दो सांसदों का टिकट कटना लगभग तय आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में बजा भाजपा का चुनावी बिगुल दैनिक भास्कर एनजीटी के हवाले से लिखता है कुल्लू मनाली की कैरिंग कैपेस्टी का पता लगाए टीसीपी विभाग गृह जिला से दूर रहेंगे पुलिस कर्मी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है नशे को जड़ से मिटाने के लिए हिमाचल सरकार लेगी बड़ा फैसला आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरमद्र को बड़ी राहत पंजाब केसरी की एक खबर है

अग्रवाल हो सकते हैं नए सचिव शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है उपमा के वापस न आने की स्थिति में मिल सकता है मौका दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं मुख्य सचिव की दौड़ में बी के अग्रवाल आगे

दैनिक भास्कर के अनुसार स्कॉलरशिप घोटाला पांच साल से बच्चों को नहीं मिले पैसे एफआईआर के आदेश दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में सड़कें घटिया भवन निर्माण भी बेतरतीब समुद्र फतह कर लौटी हिमाचली बेटी को राष्ट्रपति भवन में मिलेगा सबसे बड़ा खेल सम्मान आपका फैसला की एक खबर है

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय जीरो टोलरेंस के अलार्म में लिखा है कि बेशक जनमंच के जरिए सरकार जनता के दर्द को सुन रही है मगर किसी कार्यालय व संस्थान के कान खोलने के लिए वक्त की तमाम बेड़ियां तोड़नी और राजनीतिक घाटों की चिंता छोड़नी होगी